राज्य विधानसभा का लेखानुदान सत्र आज से

दौसा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज से गुर्जरों ने जयपुर आगरा हाईवे जाम करने का एलान किया है गुर्जर समुदाय के लोगो का पहुंचना शुरू हो गया है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुर्जर आंदोलन के दौरान धौलपुर में हिंसा की घटना पर चिंता जताते हुए कहा है कि राज्य सरकार गुर्जर समाज से शांतिपूर्ण वार्ता के लिये तैयार है श्री गहलोत ने कल दिल्ली से लौटने के बाद पत्रकारों से कहा कि गुर्जर समाज को बातचीत के लिये आगे आना चाहिए रेलवे लाइन पर धरना देना उचित नहीं है सरकार सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण माहौल में बातचीत के लिये तैयार है उन्होंने कहा कि धौलपुर में हिसक घटना असामाजिक तत्वों द्वारा की गई है इसकी जांच कराई जायेगी उधर धरनास्थल पर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा कि उनकी मांग बिलकूल सही है और मांगे पूरी होने तक वह महापड़ाव समाप्त नहीं करेंगे पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था एम एल लाठर ने पत्रकारों को बताया कि किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिये माकूल व्यवस्था की गई है संवेदनशील स्थानों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है जनता को अफवाहों से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है इधर राज्य सरकार की ओर से गठित समिति के सदस्य पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह सहित अन्य सदस्य कल प्रे दिन वार्ता के लिये सवाईमाधोपुर में गुर्जर समाज के प्रतिनिधि मंडल का इंतजार करते रहे लेकिन वार्ता नहीं हो सकी आंदोलन को असर को देखते हुए राज्य के कई पूर्वी जिलों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं दिल्ली मुम्बई मार्ग पर रेलगाड़ियों की आवाजाही पिछले तीन दिन से बाधित है रेलवे ने कई गाड़ियों के मार्ग बदले हैं कई गाड़ियों को रद्द कर दिया गया है रेल यात्रियों की सुविधा के लिये रेलवे ने हैल्पलाईन नम्बर जारी कर दिया है जिसके जरिये गाडियों के बारे में जानकारी दी जा रही है

इसमें लेखानुदान मांगे पारित करवाई जायेंगी इसके अलावा कुछ संशोधन विधेयक भी पारित करवाये जायेंगे और अलवर के रामगढ से जीती विधायक सफिया ज्बैद को शपथ दिलाई जायेगी

इस कार्यक्रम में वाय सेना के युद्व कौशल का प्रदर्शन होगा जिसमें वायु सेना के अधिकारियों के साथ कई अन्य देशों के रक्षा प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे

उन्होने कोटपुतली तहसील के सादुका गांव में महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति का अनावरण किया इस मौके पर उन्होने कहा कि भारत गांवों में बसता है और कमजोर लोगों को साथ लेकर चलना हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है जो आज भी गांवों में नजर आता है

केन्द्रीय सुचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड ने बताया कि इस वर्ष खेल मंत्रालय ने प्रदेश को खेलों के विकास के लिए एक सौ करोड रूपये दिए है

जयपुर के साइंस पार्क में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सड़क सुरक्षा से संबंधित जागृति फैलाने वाली विभिन्न संस्थाओं और घायलों को अस्पताल ले जाने वालों को भी पुरस्कृत किया इस अवसर पर उन्होने सभी से सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने की अपील की